उन्होंने कहा कि हमें यह स्निश्चित करना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और वे सम्मान जनक जीवन जीने के लिए सशक्त हों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है एक ट्वीट मेंए श्री मोदी ने कहा कि स्गम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है

म्ख्यमंत्री ने अपील की कि हम पर्यावरण भी बचाएं और पेड़ पौधे पश् पक्षी का भी ध्यान रखें क्योंकि पर्यावरण और विकास में संत्रलन बनाने का ये सबक भोपाल त्रासदी ने हमको दिया है जानना जरूरी है हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रू ब रू करा रहे हैं इस विधेयक को लेकर एक मिथक ये है कि ये बिल किसानों को उनकी जमीन में बंध्आ मजदूर बना देगा और किसानों की जमीन उद्योगपतियों की हो जाएगी लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल किसानों की जमीन को बेचनेए लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएगा साथ ही जमीन के स्पांसर को जमीन के मालिकाना हक या किसान की जमीन में स्थायी बदलाव पर भी रोक लगाएगा

यहां दीपावली के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है

जन आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार अनुप श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दो गज की स्रक्षित दूरी बनाने और मास्क लगाने की अपील की है

इस दौरान म्ख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स एवं कमिश्नर से चर्चा कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे

तमिलनाड् के सेलम जिले का एडब्ल्यूपीएस सुरामंगलम पुलिस थाने को दुसरा और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर इन थानों का चयन करता है

इसके जरिये फाइनल हियरिंग वाले मामले स्नवाई के लिए लगाए जा रहे हैं

इस हादसे में दो य्वकों की मौत हो गई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी है ब्लेटिन के अंत में एक अपीलहमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी